आज से देशभर में अनलॉक टू शुरू कन्टेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में अस्सी करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले पांच महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की कल राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवम्बर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है

और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने एक किलो चनामी मुफ्त दिया जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन महीनों में करीब बीस करोड़ गरीब लोगों के जनधन खातों में इकतीस हजार करोड रुपए अंतरित किए गए हैं इसी तरह नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में अठारह हजार करोड़ रुपए भेजे गए हैं गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर पचास हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजदूरों को बड़ा फायदा होगा बाईट अब पुरे भारत के लिए एक राशनकार्ड की व्यवस्था भी होरही है यानि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगारया दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गाँव छोड़कर के कहीं और जाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्युदर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में रहा है प्रधानमंत्री ने कल्याण योजनाओं को सफल बनाने में किसानों और ईमानदार करदाताओं के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया

पहलाहमारे देश के मेहनती किसान और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्सपेयर आपने देश का अन्नभंडार भरा है इसलिए आज गरीब का श्रमिक का चूल्हा जल रहा है आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है मैं आज हर गरीबके साथ ही देश के हर किसान हर टैक्सपेयरका इदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए और कदम उठाती रहेगी उन्होंने कहा कि अनलॉक टू में सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करने और वोकल फॉर लोकल के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने मास्क पहनने और दो गज दूरी बनाए रखने के मंत्र पर कड़ाई से अमल करने का आग्रह किया विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है अब रात का कर्फ्यू दस बजे से सुबह पाँच बजे तक के लिए लागू होगा जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्ट में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है दिशा निर्देश के अनुसार इलाके पर निर्भर दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ पाँच से अधिक लोग रह सकते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान पन्द्रह जुलाई से खुल सकेंगे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा

इनमें कई कार्य चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है इसके अनुसार अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों यानी कन्टेनमेंट जोन में पूर्णबंदी को इकतीस जुलाई तक सख्ती से लागू किया जाएगा गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को संक्रमित क्षेत्रों को स्पष्ट रुप से इंगित करना होगा ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके ऐसे क्षेत्र में केवल आवश्यक कार्यों की ही अनुमति होगी संबंधित जिलाधिकारी ऐसे संक्रमित क्षेत्रों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे और इसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दी जाएगी इधर राज्य सरकार ने जारी दिशा निर्देश में कहा है कि प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल दुकानों और सार्वजनिक वाहनों में बिना मास्क पहने कोई दिखा तो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी इस निर्देश का उल्लंघन करने पर मॉल दुकान वाहन और व्यवसायिक प्रतिष्ठान को बंद किया जा सकता है वहीं सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगायी जा सकती है गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों पुलिस सहित स्थानीय प्रशासन को आज से इकतीस जुलाई तक अनलॉक टू को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है देश में आज से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं इन बदलावों में एटीएम से राशि निकालने अटल पेंशन योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का ऑनलाईन पंजीकरण और म्यूचुअल फंड की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी सहित कई नियम शामिल हैं सूक्ष्म लघु और मध्यमों एमएसएमई के लिए नये पंजीकरण की प्रक्रिया आज से उद्यम नाम से शुरू हो रही है यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कागज रहित और स्व घोषणा पर आधारित है वहीं एटीएम से राशि निकालने के लिए सभी ट्रांजेक्शन चार्ज फिर से लागू होंगे बैंकों में बचत खाते में न्यूनतम राशि में छूट का नियम समाप्त हो जायेगा अगर खाते में न्यूनतम राशि नहीं रहती है तो बैंक जुर्माना वसूल करेगा इधर अटल पेंशन योजना खातों में से मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो जायेगा सुकन्या समृद्धि योजना में आयकर में छूट पाने के लिए पीपीएफ में निवेश की समय सीमा बढ़ा कर इकतीस जुलाई कर दी गयी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के तीन सौ सत्तर नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ हजार नौ सौ अट्ठासी हो गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय जिले में सबसे अधिक इकतीस मामले सामने आये हैं कटिहार और वैशाली में अट्ठाईस अट्ठाईस पटना में बाईस नवादा में बीस समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण में बारह बारह औरंगाबाद में ग्यारह पॉजिटिव मिले हैं वहीं नालंदा में दस भोजपुर और मुंगर में नौ नौ सुपौल में आठ रोहतास और सीवान में सात सात खगड़िया और सीतामढ़ी में पांच पांच बांका में चार भागलपुर और पूर्वी चंपारण में तीन तीन मधेपुरा में दो तथा गया गोपालगंज जम्रई किशनगंज मुजफ्फरपुर पूर्णिया और सारण में एक एक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जिनमें बावन महिलाएं हैं विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले चौबीस घंटे में एक सौ सत्तर लोग स्वस्थ हुए हैं अबतक सात हजार पांच सौ चौवालीस लोग कोविड उन्नीस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं इसके साथ ही वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अड़सठ हो गयी है इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच लाख पचासी हजार चार सौ तिरानवे हो गई है वहीं देश भर में अब तक तीन लाख सैंतालीस हजार नौ सौ उनासी रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या सत्रह हजार चार सौ हो गई है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घरों में रहने अपने परिवार के साथ समय बिताने तथा योगाभ्यास करने की सलाह दी है

लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि ये वक्त निकल जाएगा लेकिन यह कठिन वक्तहोता है और इस कठिन व्यक्त के समय हम कैसे अपने आपको संमाले कैसे परिवार को संमालेये शायद हमें समझने की जरूरत है आज देशभर में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है भारत में जाने माने फिजिशियन और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर यह दिन डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है इस वर्ष के डॉक्टर दिवस का विषय है कोविड उन्नीस से मृत्यु दर में कमी नेपाल के तराई क्षेत्रों और राज्य में लगातार हो रही बारिश से गंगा कोसी सहित उत्तर बिहार की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है मध्रबनी में कमला नदी खतरे के निशान से पचास सेंटीमीटर ऊपर बह रही है बागमती नदी बेनीबाद में लाल निशान से उनतालीस सेंटीमीटर ऊपर है मुफ्फरपुर में रेवा घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास है समस्तीपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार व्रद्धि जारी है इधर सहरसा में कोसी बराज से एक लाख छब्बीस हजार छह सौ सत्तर क्यूसेक पानी छोड़ा गया वहीं जयनगर लदनिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग एक सौ चार के डायवर्सन पर बाढ़ का पानी अभी तक उतरा नहीं है मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कई निचले इलाके बाढ़ के पानी से घिरे हुये हैं प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है मौसम विभाग ने कहा है कि पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज भी बारिश की सम्भावना है पटना के अलावा गया भागलपुर और पूर्णियां सहित कुछ इलाकों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है इधर राज्य के विभिन्न जिलों में कल वजपात से ग्यारह लोगों की मौत हो गयी वज्रपात की घटना में सारण जिले में पांच पटना और नवादा में दो दो तथा लखीसराय और जमुई में एक एक लोगों की मौत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुये मृतक के परिजनों को चार चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिया है चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के देखते हुये राज्य सरकार को इकतीस अक्टूबर तक एक ही जगह पर तीन साल तक रहने वाले आईजी डीआईजी जिलाधिकारी आरक्षी अधीक्षक एसडीओ थाना प्रभारी और दारोगा के तबादले का निर्देश दिया है आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा है कि कोई भी पदाधिकारी अपने गृह जिले में पदथापित नहीं होंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुर्खी बनाते हुये लिखा है गरीबों को छठ तक मुफ्त राशन अनलॉक टू के तहत बिहार सरकार के दिशा निर्देश को प्रमुखता देते हुये हिन्दुस्तान लिखता है बिना मास्क कोई दिखा तो बंद होंगे मॉल और प्रतिष्ठान दैनिक भास्कर ने हाई कोर्ट के पन्द्रह जुलाई तक पटना गया सड़क को चालू करने के निर्देश को पहले पन्ने पर स्थान दिया है प्रभात खबर ने लिखा है बिहार में कोरोना से सिर्फ शून्य दशमलव छह आठ प्रतिशत मौतें जबकि देश में दो दशमलव नौ आठ प्रतिशत आज अखबार ने बिहार के सभी डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आज से देशभर में अनलॉक टू शुरू कन्टेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे